राज्य में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर तिरानबे प्रतिशत के करीग पहुंच गयी है पिछले चौबीस घंटों में छह सौ उन्नीस लोग उपचार के बाद स्वस्थ हए अबतक राज्य में इक्यानबे हजार चार लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि छह हजार दो सौ छह लोगों का उपचार जारी है राज्य में अबतक अंठानबे हजार इकसठ लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि आठ सौ इक्यावन लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के छह सौ सैंतालिस नए मामले आए

कोरोना वैक्सीन आने की संभावनाओं को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला प्रशासन ने रखरखाव की तैयारी शुरू कर दी है जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसके लिए टास्क फोर्स की बैठक की

उप विकास आयुक्त ने कहा कि जांच किट एवं आवश्यक मेडिकल उपकरण जिले को प्राप्त हो चुका है

उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना जांच अभियान लगातार जारी है

मास्क अप इंडिया अभियान कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है के तहत एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने मास्क सही तरीके से लगाने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना को हराने का सबसे आसान सस्ता और हसरदार तरीका है मास्क का सही तरीके से उपयोग

केंद्र सरकार की प्रभावी नीति तथा जांच निगरानी और उपचार पर अमल करने से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय भारत में मृत्यु दर एक दशमलव पांच एक प्रतशित है जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है

सरकार ने अब शर्तों के साथ मंत्रोचार आरती और पूजा के लिए धीमी आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति प्रदान कर दी है

इन दो संशोधन के अलावा पूर्व में जारी आदेश यथावत रहेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर झारखंडवासियों को शुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस उत्सव में आप सभी अपने परिवार के साथ सुख से रहें अगर आप आनंद लेने बाहर निकलें तो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष की रबी फसलों में से प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया गया है प्याज की कीमतें सामान्य बनाने के लिए सरकार सुरक्षित भंडार से सफल केन्द्रीय भंडार और एनसीसी एफ तथा राज्य सरकारों को प्रमुख मंडियों के जरिए चरणबद्ध तरीके से प्याज उपलब्ध करा रही है उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण के लिए अगले कुछ दिनों में और उपाय किए जाएंगे

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बोकारो के जैनामोड में कल प्रेस वार्ता में राज्य की गठबंधन सरकार पर राज्य के विकास में गतिशील नहीं होने का आरोप लगाया

वे बेरमो विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बादुल के चुनाव प्रचार में बोकारो मे हैं

वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी दुमका और बेरमो में सभाए कर लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में नेता उनके पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह की उपलब्धियों के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं वहीं दुमका में कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में वोट की अपील की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर भागलपुर आ रहे हैं उनके दौरे को लेकर सीमावर्ती जिला गोड्डा में पुलिस पूरी तरह सतर्क है

गोड्डा भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने सीमावर्ती क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं पूरे गुड्डा जिला में कई किलोमीटर बॉर्डर एरिया है

धनबाद रेल मंडल में श्री आशीष बंसल को डीआरएम बनाया गया है वहीं निवर्तमान डीआरएम श्री अनिल कुमार मिश्रा को आज विदाई दी गयी

इसका पूरा श्रेय यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है उन्होंने नए पदस्थापित धनबाद डीआरएम आशीष बंसल को भी श्भकामना दी सूक्षम लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल देश के पहले हाई क्वालिटी खादी फैब्रिक फूटवियर का शुभारंभ किया यह फूटवियर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने डिजाइन किये हैं ये फुटवियर रेशम कपास और ऊन जैसे खादी फैब्रिक से बनाये गये हैं

आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आठ विकेट से हरा दिया अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स चौदह अंकों के साथ सबसे ऊपर है रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर ने भी चौदह अंक हासिल कर लिये हैं और वह दूसरे स्थान पर है मुम्बंई इंडियंस बारह अंकों के साथ तीसरे और कोलकाता नाइट राइडर्स दस अंकों के साथ चौथे स्थान पर है